बढ़ा हआ भत्ता पहली जनवरी से देय होगा

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि उनकी सरकार सबका साथ सबका विकास सुनिश्चित करेगी उन्होंने कहा कि पारदर्शिता और कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं है श्री मोदी ने अपनी धन्यवाद यात्रा पर वाराणसी में पार्टी के कार्यकर्ताओं का सम्बोधित कर रहे थे शहर के लोगों को उनके प्रति दिखाये स्नेह के लिये धन्यावाद देते हये श्री मोदी ने कहा कि यदयपि राष्ट्र ने उन्हें प्रधानमंत्री बनाया लेकिन वह लोगों के लिये एक सामान्य कार्यकर्ता है श्री मोदी ने भाजपा के उन कार्यकर्ताओं को श्रदवाजंलि दी जिन्होंने पार्टी के लिये अपना प्रा जीवन लगा दिया प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि देश विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है और हाल के दिनों में आर्थिक विकास तेज़ हुआ है श्री मोदी ने दोहाराया कि भाजपा लोकतंत्र के मुल्यों को बनाये रखने के लिये प्रतिबदव है प्रधानमंत्री ने सरकार और पार्टी के बीच पूरे तालमेल के बारे मे बात करते हये कहा कि काम और कार्यकर्ता आश्चर्यजनक नतीजें दे सकते है उन्होंने कहा कि वे विरोधियों के प्रति आभरी है जो उनके खिलाफ लड़े श्री मोदी ने यह भी कहा कि राजनीतिक विश्लेषणों को स्वीकार करना होगा कि अंको के जोड़ तोड़ के परे आपसी सामंजस्य भी कृछ होता है इससे पहले प्रधानमंत्री ने काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की हरियाणा के वित्तमंत्री एवं राजस्व मंत्री कैप्टन अभिमन्यू ने आज कहा है कि लोकसभा च्नाव में भाजपा को देशभर में मिले आपार समर्थन के लिये सभी कार्यकताओं और जनता बधाई के पात्र है

उन्होंने बताया कि हांसी जींद के बीच वाया नारनौंद बनने वाली रेल लाइन के प्रस्ताव पर भारतीय रेल और हरियाणा सरकार के बीच समझौता हो चुका है अब इसकी डीपीआर तैयार की जा रही है उन्होंने कहा कि उन्होंने एक कालेज बनवाने के वायदे के बदले में नौरनौंद में चार कालेज खूलवायें साथ ही आईटीआई उपमंडल तहसील उपतहसील सड़क पेयजल व सिंचाई आदि की व्यवस्था की उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने इस बार सबका साथ सबका विकास के साथ सबका विकास का नारा दिया है जिसके तहत अल्पसंख्यक समाज का भरोसा जीतने के प्रयास किये जायेंगे पंडित भगवत दयाल शर्मा आयर्विज्ञान विश्वविदयालय रोहतक के डेंटल कालेज को उत्कृष्ट शैक्षणिक व्यवसथा संचालित करने अब्वल आधारभूत संरचना कैरिया निर्माण और नौकरी उपलब्ध करवाने हेत् देश में तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है

हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री श्री अनिल विज ने इसके लिये विश्वविदयालय प्रशासन एवं संस्थान प्रबंधन को श्भकामनायें देते हये कहा कि इससे पीजीआई रोहतक की देश भर में साख बनी है जिसको भविष्य में भी बनाये रखना है उन्होंने कहा कि मीडिया हाउस दवारा किये गये सर्वेक्षण में मरीज़ो को जा दी जा रही सुविधाओं में संस्थान को बेहतर पाया गया है

चुनाव जीतने के बाद वे पहली बार पंचकला में लोगों से रूबरू हये गुमथला गांव दवारा मतदान का बाहिष्कार किये जाने पर उन्होंने कहा कि वे गुमथला जायेंगे और बात करके वहां की समस्याओं को हल करेंगे हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अशोक तंवर ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने तिकड़म के आधार पर च्नाव जीता है और उन्होंने हार के लिये सरकार द्वारा सत्ता और सरकारी मशीनरी के कथित दुरूपयोग को भी जिम्मेदार ठहराया श्री तंवर ने कहा कि च्नाव में म्द्दे हार गये उन्होंने ये आरोप भी लगाया कि बीजेपी ने राज्य में कोई काम नहीं किया

वित्तमंत्री कैप्टन अभिमन्यू ने आज चंडीगढ़ में बताया कि सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते की दरे बढाने से इस वित्त वर्ष में दो सौ सैतालिस करोड़ अस्सी लाख रूपये का वित्तीय भार पड़ेगा

इससे सरकारी खज़ाने पर लगभग तिरसठ करोड़ पचपन हजार रूपये मासिक तथा इस वित्त वर्ष के दौरान लगभग आठ करोड़ नवासी लाख सत्तर हजार रूपये का अतिरिक्त व्यय का भार पड़ेगा फरीदाबाद के प्लिस आय्क्त संजय क्मार ने वायरल हई एक वीडियो का संज्ञान लेने हये दो पुलिस कर्मियों को निलंबित और तीन एसपीओ को बर्खास्त कर दिया है और इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिये है हमारे संवाददाता ने बताया कि इस वीडियो में फरीदाबाद के आदर्शनगर थाने के ये प्लिस कर्मी एक औरत को पीटते हये दिखाई दे रहे है

उन्होंने बताया कि पुलिस कर्मियों दवारा महिलाओं की पिटाई करना नियमों के विरूदव है और इससे प्लिस की छवि भी धूमिल होती है प्लिस प्रवक्ता सूबे सिंह ने बताया कि इस घटना में संल्पित पांच पूलिस कर्मियों हवलदार बलदेव रोहित व एसपीओ किशन हरपाल और दिनेश के खिलाफ मारपीट महिला क सम्मान को ठेस पहंचाने सहित विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है पीडि़त महिला की तलाश की जा रही है उन्होंने कहा कि पीड़िता को हर संभव न्याय दिलाया जायेगा रिवाड़ी प्लिस व स्पैशल टास्क् प्लिस ने नायब तहसीलदार का पेपर लीक होने के मामले में नौ आरोपियों को गिरफ्तार किया है

रिवाड़ी प्लिस से मिली जानकरी के अनुसार एसटीएफ ने ग्रूग्राम से तीन आरोपियों को दबोचा है

उधर इस मामले में करनाल में शिक्षा विभाग के एक अधिकारी व निजी स्कूल का नाम भी सामने आया है एसटीएफ की टीमें लगातार छापेमारी कर रही है प्लिस ने करनाल के निजी स्कूल के चपरासी को भी गिरफ्त में लिया है रिवाड़ी के पुलिस अधीक्षक राहल शर्मा ने बताया कि पकड़े गये आरोपियों से लगातार पूछताछ चल रही है किसी को भी बख्शा नहीं जायेगा

अदालत ने पांच आरोपियों को दो दिन तथा चार आरोपियों को पांच दिन के रिमांड पर भेजा है

मास्टर माइंड करनाल के एसएस इंटरनेशनल स्कूल का कोच है

परीक्षा में चयनित विदयार्थियों को हरियाणा सरकार दवारा नीट आईआईटी एवं जेईई के लिए निशुल्क कोचिंग दी जाएगी